कल देर रात लोकसभा में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया

इसमें महामारी के निदान से जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा देने और महामारियों का प्रसार रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करने के प्रावधान है विधेयक में स्वास्थ्यकर्मियों को क्षति पहुंचाने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसे कार्यो को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है

समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार ने अनिवार्य रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढा दिया है यह निर्णय कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में लिया गया कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि गेहूं चना मसूर सरसों ज्वार और सुरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पचास से तीन सौ रुपये तक की वृद्धि की गयी है

मुख्यमंत्री संवाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि बिल के संबंध में आज प्रदेश के किसानों से चर्चा करेंगे

इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आकाशवाणी क्षेत्रीय टीवी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर होगा

व्यापारी लॉकडाउन इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए व्यापारी संगठनों ने सकारात्मक पहल करते हुए दो दिन लगातार षनिवार और रविवार को स्वतः ही लॉकडाउन का फैसला किया है

व्यापारिक संगठनों का कहना है कि अनलॉक किए जाने के बाद जिस तेजी से संक्रमण फैला है वह काफी चिंताजनक है हम प्रशासन के हर कदम का सहयोग करने को तत्पर है हालात ठीक होंगे तब ही व्यापार की स्थिति भी संभलेंगी पोषण माह फ़लेगशिप गरीब कल्याण सप्ताह एवं पोषण माह के अंतर्गत सतना जिले के जनपद पंचायत रामनगर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया

लॉकडाउन के दौरान बच्चों की शिक्षा बाधित न हो इसके लिये प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत डिजिलेप डिजिटल लर्निंग शुरू की गई है

सर्वशिक्षा अभियान के परियोजना समन्वयक विजय कुमार नेमा ने आकाशवाणी से चर्चा में इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी